केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना का लाभ प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है उत्तरकाशी जिले में युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से जिले में परम्परागत खेलों का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी हैं अवैध अतिक्रमण राजधानी देहरादून में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा है कि शहर के सार्वजनिक मार्गों से हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाएगा उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि जाने अनजाने में किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है तो वह स्वयं ही उस अतिक्रमण को हटा दे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय कार्रवाई न करनी पड़े पूर्व में हटाए गए अवैध अतिक्रमण वाले स्थलों पर फिर से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हए श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ऐसे लोगों के विरूद्व एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने विभिन्न विभागों को तय समय के भीतर सभी अतिक्रमण स्थलों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों के चौड़ीकरण और सौन्दर्यीकरण का काम भी प्राथमिकता के साथ किया जाएगा

कौशल विकास योजना सीमांत जनपद चमोली में केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी कौशल विकास योजना कारगर साबित हो रही है योजना के तहत चमोली ही नहीं ब्लकि प्रदेश के दूसरे जनपदों के युवाओं को भी लाभ मिल रहा है राकेश बर्ध्वाल होटल व्यवसाय के क्षेत्र में जाकर काम करना चाहते थे होटल मैनेंजमेंट की पढ़ाई काफी महंगी है राकेश के परिजन उनको कौशल विकास केंद्र ले गए जहां होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है राकेश अब कई तरह की चीजें बनाना सीख गए हैं केंद्र सरकार और टाटा स्ट्राइव की ओर से संचालित कौशल विकास के प्रशिक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में भारतीय और विदेशी हर तरह का खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है

कौशल विकास केंद्रों में न केवल युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है बल्कि उनको विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है उसका ही नतीजा है कि प्रशिक्षण के बाद जहां कुछ युवा विभिन्न संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं वहीं कुछ युवाओं ने स्वरोजगार भी शुरू किया है निर्णय उत्तरी राज्यों ने नशे की लत से कारगर ढंग से निपटने के लिए जानकारी और आंकड़े साझा करने के उद्देश्य से पंचकुला में संयुक्त सचिवालय बनाने का निर्णय लिया है चंडीगढ़ में कल उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया इस बैठक में पजांब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक में भाग लिया राजस्थान दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे प्रसारण आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित काव्यांजलि प्रसारित करेगा

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

जिलाधिकारी आशीष चौहान ने इन खेलों से युवाओं को रू ब रू कराने के लिए एक रूपरखा तैयार करने को कहा है आज जिला सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वूपर्ण हैं उन्होंने कहा कि पौराणिक खेल मनोरंजन के साथ ही शारीरिक विकास में भी सहायक होते हैं जिलाधिकारी ने इन खेलों के आयोजन के लिए जिले युवा कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है और इन खेलों को जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए हैं श्भकामनांए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को ईद उल जुहा की श्भकामनाएं दी हैं इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल जुहा त्याग बलिदान और ईश्वर के प्रति समर्पण का त्यौहार है उन्होंने समाज में भाईचारे और सौहार्द के प्रतीक इस त्यौहार को आपसी सद्भाव से मनाने की जनता से अपील की है मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि यह त्यौहार हमारी मिली जुली संस्कृति को और अधिक समुद्ध करने के साथ ही हमारी एकता और अखंडता को मजबूत करेगा

केन्द्रीय पर्यावरण संस्थान के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान युवाओं को मछली पालन मध्यमक्खी पालन जैविक कृषि फूलों की खेती धान गेहूं मक्का की उत्तम किस्मों और आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी गई समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि युवाओं को आध्रनिक तकनीकों और खेती की नई तकनीकों की जानकारी देकर पर्वतीय क्षेत्र से हो रहे पलायन को रोका जा सकता है उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान सीखे गये कार्यो को धरातल पर लाने और अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए काम करना होगा

विभाग का यह भी मानना है कि इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इस बीच आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की सूचना मिली है उधर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है यह मार्ग पिछले लंबे समय से आवाजाही के लिए बंद पड़ा था

इस दौरान उन्होंने छात्रों की उपस्थित पंजिका के साथ ही मध्याहन भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है